हरियाणा और चंडीगढ़ से आज भी प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजा गया

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके पैतृक जिलों में पहंचाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ अच्छे से तालमेल किया जाये सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के म्ख्य सचिवों को एक पत्र में केन्द्रीय ग़ह सचिव ने देश में परेशानी का सामना कर रहे श्रमिकों को म्शकिलें कम करने के लिए उपायों का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि राजयों को वापस जा रहे श्रमिकों के लिए ठहरने साफ सफाई खाने पीने और स्वास्थ्य देखभाल के प्रबंध किये जायें श्री भल्ला ने कहा कि जिला अधिकारियों इन स्विधाओं के बारे में श्रमिकों को जानकारी दे उन्होंने राज्यों को कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के नाम व पते फोन नंबर सहित सूचियां तैयार की जाये ताकि उनसे दोबारा सम्पर्क किया जा सके

इस रेलगाड़ी में अम्बाला के अलावा यमुनानगर और पंचक्ला के प्रवासी श्रमिकों को भी भेजा गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर प्लेटफार्म पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे श्रमिकों को अम्बाला छावनी के एस डी कालेज से रोडवेज़ की बसों में रेलवे स्टेशन लाया गया और मेडिकल जांच के बाद भोजन और जूस देकर उन्हें भागलपुर के लिए रवाना किया गया

जहां से वे अपने ग़ह जिलों में जायेंगे

इस बीच सिरसा के जिला राज्स्व अधिकारी विजेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि मध्य प्रदेश के रहने वाले श्रमिकों को उनके गृह राज्य में भेजने का प्रबंध किया गया है उन्होंने सिरसा जिले में मध्य प्रदेश के सभी श्रमिकों में सड़क या रेल पटड़ी के साथ पैदल न करने की अपील की है

जाने से पहले अभी श्रमिकों को मास्क सैनेटाइज़र और खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया पंजाब के राज्यपाल और चंडीगए के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर ने मार्किट संगठनों व्यापारियों और द्कानदारों को बाज़ार क्षेत्र को सैनेटाइज रखने और ग्राहकों द्वारा मास्क पहनना व शारीरिक दूरी बनाये रखने स्निश्चित करने को कहा है उन्होंने कहा कि मार्किट संगठन मंय्सिपल अधिकारियों के सहयोग से सेकटर मार्किट में हाथ धोने की स्विधा का प्रबंध कर सकते है उन्होंने लोगों से भी शारीरिक द्ररी बनाये रखने और साफ सफाइर्द की ख्याल रखने की अपील की है

आज शाम हई बैठक में पीजीआई के निदेशक और वरिष्ठ डाक्टरों ने श्री बदनौर के साथ हई चर्चा के दौरान कोविड प्रबंधन पर कई स्झाव भी दिये उन्होंने लोगों को दी गई ढील का द्रूपयोग न करने की अपील भी की है और प्लिस महा निदेशक को स्बह सात बजे से शाम बजे तक तालाबंदी का सख्ती से अन्पालन कराने के निर्देश भी दिये

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के निदेशक विनीत जोशी ने कहा कि वे आज जो अन्य कारणों से अपना आवदेन नहीं कर सकें थे वे भी इस मौके का लाभ उठा सकते है

मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है

तीन पोजिटिव मरीज़ों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छ्ट्टी दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वस्थ होने वाले दो कोरोना मरीज़ बापूधाम कालोनी के और एक धनास का है

इन सभी के जांच के लिए नमूने भी लिये जायेंगे हरियाणा के अंतरजिला बस सेवा के साथ साथ दिल्ली के लिए भी बस सेवा शुरू हो गई है आज दिल्ली रोडवेज की एक बस चार यात्रियों को लेकर फतेहाबाद पहंची

आने वाले यात्रियों की उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व उनके टीम द्वारा जांच की गई

हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी सवारियो रवाना करने से पहले चरखी दादरी मे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई